इसका उद्देश्य पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान और केशलेस बनाना है

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार का मुख्य फ्लेगशिप कार्यक्रम है जिसे पर्यटन विभाग प्रदेश को ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के जरिए कार्यान्वित कर रहें है इस स्किम के तहत रेस्ट्रो टूर ऑपरेटर होटल होम स्टे की स्थापना और साहसिक उपकरण खरीदने इत्यादी के लिए पांच लाख तक सब्सिडी दी जाती है अब तक दौ सौ सत्तर बेरोजगार युवाओं ने इस स्किम का लाभ उठाया है

उन्होंने समारोह में उपस्थित क्षेत्र के सांसद तापिर गाव और स्थानीय विधायक लाईसम सिमाई से इस फेस्टीवल का स्वरुप ओर बड़ा बनाने के साथ साथ यहा के बोर्डर ट्रेड सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए कार्य करने की अपील की उन्होंने लोगों से शांति और एकता के लिए सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास की प्रक्रिया और तेज होगी इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने प्रदेश पुलिस के विशेष जांच पड़ताल दलएस आई टी द्वारा तागुंग यांगफो पर किए कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिना थके कोशिश और निस्वार्थ समर्पण के कारण एस आई टी ने पुलिस बल में नया जोश भर दिया है

श्री खाण्डू ने कहा कि प्रभावी शासन के लिए सशक्त और कुशल प्रतिस बल की जरूरत है शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने लोअर सुबनसिरी जिले के दीद अंचल में कल कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा सेक्टर प्रमुख चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आधारभूत संरचना और विभिन्न स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ती को सुनिश्चित करने के बावजूद स्कूलो में छात्रों की कम भर्ती चिंता का विषय है श्री तेदिर ने स्क्रल प्रबंधन समिति और समाज के वरिष्ठ नागरिकों से इस विषय पर जिला उपायुक्त से बातचित कर इसका स्थाई समाधान निकालकर उसे संबंद्ध कार्यालय में भेजने को कहा राज्य के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॊजी नेरिस्ट सिर्फ अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है नेरिस्ट की स्थापना उन्नीस सौ चौरासी में डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर की गई थी

प्रोफेसर यादव ने बताया कि नेरिस्ट अभी तक छह वर्षीय इंटिग्रेटेड बीटेक पाठ्यक्रम चला रहा था और प्रवेश का माध्यम नेरिस्ट एंट्रेंस एक्जामिनेशन था उन्होंने कहा कि अब नेरिस्ट अगले अकादमीक सत्र से नए स्वरुप में अपना पाठ्यक्रम चलाने जा रहा है यूपिया स्थित राज्य के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एन आई टी की छात्र संस्थान का स्थायी परिसर न होने की कारण आंदोलन कर रहे है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नए एन आई टी संस्थान के स्थायी परिसर बनाएं जाने के लिए संशोधित धनराशि मंजूर की गई है

उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि अगले दस महिनों के भीतर संस्थान अपने स्थायी परिसर में चलाया जाएगा हालांकि अध्ययन करने वाले छात्र इस बात से असंतुष्ट है कि इतने लंबे समय से संस्थान अस्थायी परिसर से काम कर रहा है